स्वच्छता ही सेवा पखवाडे के तहत गौचर में आईटीबीपी के जवानों ने स्वच्छता अभियान चलायास्थानीय लोग और छात्र छात्राएं भी अभियान का हिस्सा बने ऋषिकेश में हुए एडवेंचर चैलेंज कप में रणबांक्रे डिवीजन ओवरऑल चैंपियन रहामाउंटेन साइकिलिंग हिल रनिंग और व्हाइट वॉटर राफ्टिंग में प्रतिभागियों ने दिखाया दमखम स्लग प्रकाश पंत प्रदेश के वित्त मंत्री प्रकाश पंत ने कहा है कि प्रदेश में आने वाली बड़ी आपदाओं के लिये केन्द्र सरकार अब बड़े पैमाने पर मदद का खाका तैयार कर रही है नई दिल्ली में जीएसटी काउंसिल की बैठक में भाग लेने के बाद हल्द्वानी पहंचे वित्त मंत्री ने कहा कि उत्तराखंड भी उन हिमालयी राज्यों में शामिल है जहां सबसे ज्यादा आपदाएं आती हैं

सैकड़ों स्थानों पर राज्य की परिसंपत्तियों को भारी नुकसान पहुंचा है जिसकी भरपाई राज्य अपने स्तर से नहीं कर सकता लिहाजा केन्द्र सरकार की जीएसटी काउसिल द्वारा राज्यों को आपदा में वित्तीय मदद पहुंचाने के लिये एक कमेटी का गठन किया गया है ऐसे में उन्होंने उत्तराखण्ड को केन्द्र से आपदा मद में जल्द ही अधिक धनराशि मिलने की संभावना जताई है श्री पंत ने प्रदेश में आयोजित होने जा रही इनवेस्टर्स समिट की तैयारियां पूरी होने की जानकारी दी उन्होंने कहा कि राज्य की भौगोलिक स्थिति के अनुकूल औद्योगिक इकाइयों को लगाने के अवसर सरकार द्वारा दिये जा रहे हैं जिसका फायदा उद्योगों और युवा बेरोजगारों को मिलेगा

जिसका लाभ लोगों को मिलने लगा है इसके तहत अपना कारोबार शुरू करने के लिए छोटी रकम का लोन दिया जाता है चमोली जिले में मुद्रा लोन मिलने से कारोबारी काफी उत्साहित हैं संदीप झिंक्वाण का कहना है कि उनको अपना व्यवसाय बढ़ाने के लिए इस योजना से काफी लाभ हुआ है

मुद्रा योजना के तहत बिना गारंटी के लोन मिलता है बैंक अधिकारी भगत सिंह के मुताबिक कोई भी व्यक्ति जो अपना व्यवसाय शुरू करना चाहता है वह इस योजना के तहत लोन ले सकता है

केंद्र सरकार की मुद्रा योजना के दो उद्देश्य हैं पहला स्वरोजगार के लिए आसानी से लोन उपलब्ध कराना और दूसरा छोटे उद्यमों के जरिए रोजगार का सुजन करना जिसमें यह योजना काफी कारगर साबित हो रही है स्लग एसआरडीआर चमोली चमोली में जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के सहयोग से संचालित सस्टनेबल रिडक्शन इन डिजास्टर रिस्क एसआरडीआर परियोजना से संबंधित गतिविधयों के क्रियान्वयन के लिए अधिकारियों के साथ चर्चा की इस दौरान जिलाधिकारी ने आपदा प्रबन्धन के लिए सभी ग्राम पंचायत में लोगों को एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन कराने के निर्देश दिये

उन्होंने ग्राम पंचायत स्तरों में दिये जाने वाले प्रशिक्षण के साथ साथ मॉक अभ्यास भी कराने के निर्देश दिये

स्लग जनता मिलन आज प्रदेशभर के जिला मुख्यालयों में लोगों की समस्याएं सुनने के लिए जनता मिलन आयोजन किया गया हरिद्वार में जनता मिलन कार्यक्रम में सौ से ज्यादा शिकायतें सुनी गई जिनमें ज्यादातर शिकायतें चकबंदी छात्रवृत्ति पेंशन घरेलू हिंसा भूमि कब्जों उज्जवला गैस कनेक्शन आवास योजना की थी जिलाधिकारी दीपक रावत ने अधिकारियों को समस्याओं का जल्द निपटारा करने के निर्देश दिये वहीं चमोली में आयोजित जनता मिलन कार्यक्रम में मुख्य विकास अधिकारी हसांदत्त पांडे ने फरियादियों की समस्याएं सुनी उन्होंने जन शिकायतों को गम्भीरता से लेते हुए प्राथमिकता के आधार पर शिकायतों का निस्तारण करने के निर्देश अधिकारियों को दिये उधर अल्मोड़ा में भी लोगों ने अपनी शिकायतें जनता मिलन कार्यक्रम में रखी जिनमें से कई समस्याओं का निस्तारण मौके पर ही कर दिया गया

इस दौरान जवानों ने स्थानीय निवासियों को स्वच्छता की जानकारी देते हुए अपने घर और प्रतिष्ठानों के आसपास स्वच्छता बनाए रखने की अपील की उन्होंने ग्रामीणों को स्वच्छता अभियान को गति देते हए अपनी गली मोहल्लों व आसपास के क्षेत्र में उचित साफ सफाई की व्यवस्था करने और दूसरे लोगों को भी स्वच्छता के प्रति जागरूक करने को कहा उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पॉलिथीन को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया है उन्होंने ग्रामीणों से पॉलीथीन का उपयोग न करने और घरों के कूड़े का उचित निस्तारण कर गांव को स्वच्छ रखने की अपीली की हरिद्वार के देव संस्कृति विश्वविद्यालय में भी स्वच्छता अभियान चलाया गया इस अभियान में छात्र छात्राओं शिक्षको और कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया सभी लोगों ने स्वच्छता का संकल्प लिया और हमेशा साफ सफाई बनाये रखने और दूसरों को जागरूक करने की बात कही

एडवेंचर चैलेंज कप के समापन अवसर पर कर्नल विक्रम राणा ने विजेता टीमों को पुरस्कार प्रदान किए

प्रतियोगिता में बेहतरीन प्रदर्शन के आधार पर रणबांक्रे डिवीजन की टीम ओवर ऑल चैंपियन रही वहीं डॉट डिवीजन ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया

संक्षिप्त समाचार संघ प्रमुख मोहन भागवत आज अपने एक दिवसीय दौरे पर हरिद्वार पहुंचे जहां उन्होंने पतंजलि योगपीठ में आयोजित संत समागम में शिरकत की इसके बाद संघ प्रमुख ने पतंजलि योगपीठ के कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया अंतरराष्ट्रीय वृद्ध दिवस पर चमोली जनपद में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया